हमारे संवाददाता ने बताया है कि नगर निगम और नगर पालिकाओं के अंतर्गत शॉपिंग कॉम्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी नगर पालिका क्षेत्रों के बाजारों में दूकान मल्टीब्रेंड और सिंगल ब्रेंड मॉल तथा हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में भी दूकानें नहीं खुलेगी शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानों आस पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसर में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित द्वानों को खोलने की अनुमति नहीं है ई कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्त्ओं की ही बिक्री करने की अनुमति है गृह मंत्रालय ने पन्द्रह अप्रैल को दिए गए अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि दुकानों में पचास प्रतिशत लोग ही काम कर सकेंगे और उन कर्मचारियों को मास्क लगाना और पर्याप्त दूरी बनाए रखना जरूरी होगा केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी रेस्त्रां सेलून और नाई की दुकानें बंद रहेगी यह स्पष्ट किया गया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों के दौरान छूट केवल वस्तुएं बेचने और सेवाएं देने वाली दुकानों को ही दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट इस्प्रे डब्स्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम तथा न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल एप पर भी उपलब्य होगा हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा रात को आठ बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसे दोबारा सुना जा सकता है सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्राव्यानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को इक्कीस अक्टूबर तक छः महीने के लिये जन उपयोगी सेवा घोषित किया है बैंकिंग सेवाओं को इस कानून के प्रावधानों के तहत लाने के बाद इक्कीस अप्रैल से बैंकिंग वेत्र के कर्मचारी और अधिकारी किसी तरह की भी हडताल नहीं कर सकेंगे देश में करीब साढ़े सात करोड़ लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेत् ऐप डाउनलोड किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सुचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे को कल वीडियो कान्फ्रॅस के जरिए लॉकडाउन के दौरान मंत्रालय के विभिन्न विभागों और उपक्रमों के कार्यो की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई श्री धोत्रे ने कोविड नाइन्टीन से संघर्ष में इस ऐप को सर्वाधिक उपयोगी बताया मऊ के जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने कहा है कि जिले में मानक के विपरीत किसी भी दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को खोलने की अनुमति नहीं होगी उन्होंने कहा कि नियमों के विरूद्व दुकान खोलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि जिले में लॉकडाउन तीन मई तक यथावत जारी रहेगा अयोध्या जिले में भी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कहा कि जिले में एक व्यक्ति के कोराना संक्रमित पाए जाने के बाद अगले दो दिनों तक हालात की निगरानी की जाएगी इसके बाद ही छूट का दायरा बढाने के संबंध में कोई फैसला लिया जाएगा गोरखपुर जिले में भी तीन मई तक दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने पर प्रतिबंध रहेगा आयुक्त ने बताया कि लॉकडाउन यथावत जारी रहेगा उन्होंने लोगों से घरों में रहने और पूर्णबंदी का कड़ाई से पालन करने को कहा है वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने आज मंड्आडीह थाना क्षेत्र के हॉटस्पॉट गांव मड़ौली का निरीक्षण किया यहां एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है जिलाधिकारी ने आसपास के क्षेत्र की बैरिकेडिंग कर सील करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं गोरखपुर के मंडलायक्त जयंत नार्लिकर ने संतकबीरनगर जिले से लगे जनपद के सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं संतकबीरनगर के मगहर क्षेत्र में कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि हुई है मंडलायुक्त ने आज सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर ग्राम पंचायतों के प्रधानों और ग्रामीणों से साक्षानी बरतने की अपील की उन्होंने कहा कि संतकबीनगर से आने वाले किसी भी व्यक्ति की सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दी जाए क्शीनगर जिले में मौसम विमाग ने आगामी सत्ताइस अट्ठाइस और उन्तीस अप्रैल को वर्षा की संभावना जतायी है कृषि विज्ञान केंद्र कुशीनगर की ओर से बताया गया कि अगले कुछ दिनों तक जिले और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से तेज वर्षा हो सकती है देश भर के मुसलमान आज रमजान के पवित्र महीने के पहले दिन का रोजा रख रहे हैं दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कल शाम रमजान का चाद देखे जाने की घोषणा की श्रद्वालओं ने कोविड नाइन्टीन के दौरान राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी का पालन करते हुए कल रात तरावीह की विशेष नमाज अपने घरों में अदा की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैकेया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रमजान का महीना शुरू होने पर लोगों को बधाई दी है